केन्द्र सरकार और किसानों के बीच पांचवें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में भारत के पास कोविड माहामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जायेगा महामारी के बारे में वर्ष्यअल सर्वदलीय बैठक में कल श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं उनका कॉन्फिडेंस लेबल बहुत ही मजबूत है अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वामाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम श्रू किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टीकों के समुचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है उन्होंने बताया कि भारत ने वैक्सीन के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है कोविन जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रहेगी भारत में कोरोना वैक्सीन के रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और वैक्सीन के जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है इसमें टेक्नीकल एक्सपर्ट हैं केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकरके काम कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को टीके लगाये जायेंगे प्रधानमंत्री ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जायेगी उन्होंने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी प्रधानमंत्री ने लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की मदद की है बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी मदद पहुंचाई है और उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई हैं श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना के खिलाफ अभियान में जनभागीदारी जारी रखें क्योंकि देश को बहुत जल्द दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का संचालन करना है प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में आमजन को जानकारी देने को भी कहा उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यापक अभियानों में ही सही जानकारी से अफवाहें फैलने से रोका जा सकेगा उन्होंने यह भी कहा कि टीका आने तक लोगों को मास्क पहनने एक दूसरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाये रखने और बार बार हाथ धोते रहने जैसे एहतियाती उपाय जारी रखने चाहिए कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच पांचवे दौर की बातचीत होगी दोनों पक्षों के बीच गुरूवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी जिसमें किसानों के चालिस संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए बैठक के दौरान श्री तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगा इसलिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है देशमर के किसान नये कृषि कानूनों की प्रशंसा कर रहे हैं प्रदेश के किसान धर्म विजय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक दलों से प्रायोजित है हमें लगता है उन्होंने बिल नहीं पढ़ा है किसी राजनैतिक दल के प्रभाव में आके यह प्रायोजित आंदोलन लग रहा है इसका कोई किसान ले लेना देना है नहीं

प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के विशेष अवसर पैदा करने के लिये आज से मिशन रोजगार नामक विशेष अभियान शुरू किया जायेगा इस संबंध में राजस्व परिषद कृषि उत्पादन आयुक्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त समी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव समी विभागाध्यक्ष मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं यह जानकारी देते हुए लखनऊ में कल मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विमागों संगठनों स्वयं सेवी संस्थाओं निगमों परिषदों बोर्ड तथा राज्य सरकार के विमिन्न स्थानीय निकाय और औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शामिल है उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पचास लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाया जायेगा

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में स्थिति पहले से बेहतर है लेकिन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वास्थ्य विभाग का एक ऐप मेरा कोविड केन्द्र लांच करेंगे जिससे लोगों को कोविड टेस्ट करवाना और भी सुगम हो जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत को विश्व ग्रू बनाने का सपना साकार करने में योगदान देना है मुख्यमंत्री श्री योगी कल गोरखप्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अट्ठासवीं संस्थापक सप्ताह समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चौंतीस वर्ष बाद एक ऐसी शिक्षा नीति आयी है जिसमें ज्ञान के सिर्फ सैद्वान्तिक पक्ष ही नहीं बल्कि व्यहारिकता का पूरा ध्यान रखा गया है श्री योगी छात्रों और नौजवानों का आहवान किया कि वे सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े प्रदेश में विधान परिषद अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों में से भाजपा ने तीन सीटें जीत ली हैं आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार समाजवादी पार्टी ने एक सीट हासिल की है जबकि दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं